नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में चार माओवादी मारे गए अटल विकास यात्रा प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा का दूसरा चरण आगामी पांच सितम्बर से शुरू होगा जो पांच अक्टूबर तक चलेगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पांच सितंबर को राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से विकास यात्रा के दूसरे चरण की शुरूआत करेंगे दूसरे चरण में मुख्यमंत्री करीब छह हजार किलोमीटर की यात्रा कर बासठ से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में विकास यात्रा का नामकरण अटल विकास यात्रा करने का निर्णय लिया गया था इसके पहले प्रदेशव्यापी विकास यात्रा का पहला चरण बारह मई से चौदह जून तक चलाया गया था प्रधानमंत्री दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी बाईस सितंबर को छत्तीसगढ़ के एकदिवसीय दौरे पर आएंगे श्री मोदी अटल विकास यात्रा के तहत जांजगीर चांपा जिले में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक की मौजूदगी में राजधानी रायपुर में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रवास से संबंधित तैयारियों के बारे में चर्चा की गई गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास यात्रा के पहले चरण के समापन अवसर पर बीते चौदह जून को भिलाई नगर में आयोजित एक आमसभा को भी संबोधित किया था अटल दृष्टि पत्र छत्तीसगढ़ सरकार वर्ष दो हजार पच्चीस के छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए अटल दृष्टि पत्र तैयार करेगी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में बताया कि इसका निर्माण नवा छत्तीसगढ़ दो हजार पच्चीस की परिकल्पना को साकार करने के लिए किया जाएगा इसमें छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी और किसानों की आय को दोगुना करने के साथ ही प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को भारत के पांच अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य होगा साथ ही सबसे लिए अपना घर और शत प्रतिशत साक्षरता दर को हासिल कर समृद्ध और खूशहाल छत्तीसगढ़ बनाने की प्रतिबद्धता जताई जाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दृष्टि पत्र को तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है यह समिति विभिन्न जिलों में जाकर समाज के अलग अलग वर्गों से सुझाव प्राप्त करेगी प्रदेश के लोग अटल दृष्टि पत्र के लिए अपने सुझाव ऑनलाइन भी दे सकते हैं इन सुझावों को लेकर अगले एक महीने में यह दृष्टि पत्र तैयार कर दिया जाएगा विश्व नारियल दिवस बस्तर इलाके में नारियल की खेती माओवाद को खत्म करने में मददगार साबित हो सकती है यह बात कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज रायपुर में विश्व नारियल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नारियल विकास बोर्ड कोच्चि और उद्यानिकी विभाग की ओर से आयोजित किया गया था श्री अग्रवाल ने बताया कि नारियल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में जल्द ही नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा कोंडागांव में नारियल विकास और अनुसंधान परियोजना संचालित की जा रही है इस अवसर कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के संदेश का वाचन भी किया एशिया प्रशांत नारियल समुदाय के स्थापना दिवस पर हर वर्ष दो सितम्बर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है छत्तीसगढ़ में भी बस्तर कोंडागांव सुकमा बीजापुर नारायणपुर कांकेर धमतरी और रायपुर जिलों में नारियल की खेती की जा रही है कोच्चि से आए नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजू नारायण स्वामी ने बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी देते हए कहा कि छत्तीसगढ़ में बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की योजना है कार्यक्रम में नारियल की खेती पर केन्द्रित अनेक प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया कृषि महाविद्यालय कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कुरूद के ग्राम चर्रा में कृषि महाविद्यालय का शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि कृषि शिक्षा के विस्तार से ही राज्य में कृषि का विकास होगा उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य जिलों में भी छह नए कृषि महाविद्यालय शुरू किए गए हैं इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब अड़तीस कृषि महाविद्यालय हो गए हैं इस मौके पर श्री अग्रवाल ने कृषि विज्ञान केन्द्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया

इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल हैं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रूप डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इसी दौरान कुकड़ाझोर थाना क्षेत्र के गुमियाबेड़ा के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें चार माओवादी मारे गए सुरक्षा बलों ने मारे गए माओवादियों के शव बरामद करने के साथ ही घटनास्थल से चार राइफलें भी बरामद की हैं इन सभी माओवादियों पर आठ आठ लाख रूपये का इनाम घोषित था इधर कांकेर जिले से माओवादियों द्वारा अपहित दो ग्रामीणों के शव पुलिस ने महाराष्ट्र की सीमा से बरामद किए हैं कांकेर के पुलिस अधीक्षक केएल ध्रुव ने बताया कि दोनों ग्रामीणों का शव महाराष्ट्र के गट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तदडा के पास से बरामद किया गया है बताया जाता है कि बीते छब्बीस अगस्त को माओवादियों ने कांकेर के उलिया गांव से तीन ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था इनमें से एक ग्रामीण किसी तरह माओवादियों के चंगुल से भाग निकला था बाकी दो ग्रामीणों की माओवादियों ने हत्या कर दी कांग्रेस सदस्यता प्रदेश के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त सरजियस मिंज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं आज राजधानी रायपुर में श्री मिंज ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली उन्नीस सौ अटहत्तर बैच के आईएएस श्री मिंज कई जिलों के कलेक्टर और राजपुर के कमिश्नर भी रह चके हैं इसके अलावा सेवानिवृत्त आईएएस आरपीएस त्यागी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है वे जांजगीर कोरबा और धमतरी जिले के कलेक्टर रह चुके हैं वामपंथी पार्टी चुनाव प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में वामपंथी पार्टियों ने करीब तेईस सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी रायपुर में जारी एक संयुक्त बयान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई तथा भाकपा माले लिबरेशन ने कहा है कि वामपंथी पार्टियों ने अपने संघर्ष और जनाधार वाले क्षेत्रों में न्यूनतम सीटों पर चुनाव लड़ना तय किया है ताकि प्रदेश की राजनीति में विधानसभा में उनकी उपस्थिति रहे और आम जनता के मुद्दों को उठाया जा सके जकांछ प्रत्याशी सूची प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने आज अपने दो और प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है इनमें डॉंडीलोहारा विधानसभा से राजेश चुरेंद्र और कसडोल से परमेश्वर यद शामिल हैं इससे पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पांच अलग अलग सूचियों में इकतालीस प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की थी वायु सेना भर्ती रैली राजधानी रायपुर में वायु सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है यह रैली पांच सितंबर तक चलेगी इस रैली के माध्यम से भारतीय वायु सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है भर्ती रैली में सभी जिलों के पात्र और इच्छुक पुरूष युवा भाग ले रहे हैं वायु सेना भर्ती केन्द्र भोपाल के विंग कमांडर इमरान खान ने बताया कि कल तीन सितंबर को बलौदाबाजार बलरामपुर बेमेतरा बिलासपुर जांजगीर चांपा जशपुर कबीरधाम कोरिया कोरबा मुंगेली रायपुर सरगुजा और सूरजपुर के युवा इस रैली में शामिल होंगे इसके तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा रैली में शामिल होने के लिए युवा कल सुबह पांच से नौ बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं इससे पहले बीते इकतीस अगस्त को चौदह जिलों के लिए हुई भर्ती रैली में प्रदेश के तिरालीस युवाओं का चयन वायु सेना में गरूड़ कमांडो के पद पर हुआ है

इस युवती का उपचार रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था

वहीं शिवरीनारायण के मेहंदी गांव में कच्चा मकान गिरने से एक वृद्धा की मृत्यु हो गई